पश्चिमी राजस्थान में आज से दो दिन तक धूलभरी तेज हवाएं चलने की संभावना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

कॉलेज के अंतिम वर्ष के अलावा शेष सभी यूजी पीजी की नियमित कक्षाएं बंद रहेगी प्रायोगिक कक्षाएं जारी रहेगी नर्सिंग पैरामेडिकल और मेडिकल कॉलेज पहले की तरह खुले रहेंगे जिम सिनेमाघर स्विमिंग पुल मनोरंजन पार्क थियेटर बंद रहेंगे

जिलों के कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर को नाइट कर्फ्यू लगाने के संबंध में विशेष अधिकार दिए हैं

किसी इलाके में पांच से अधिक संक्रमित व्यक्ति मिलने पर जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट उस क्षेत्र को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर आवश्यक कार्यवाही कर सकेंगे नई गाइडलाइन के तहत रेस्टोरेंट्स संचालक नाइट कर्फयू से पहले तक रेस्टोरेंट में बिठाकर खाना खिला सकेंगे उसके बाद टेक अवे या होम डिलीवरी की ही सुविधा दे सकेंगे

गाइडलाईन के अनुसार सामाजिक धार्मिक राजनीतिक खेल मनोरंजन और शैक्षणिक कार्यक्रम का आयोजन सशर्त हो सकेंगा

जहां कोरोना के मरीज ज्यादा है वहां राज्य के लोगों को यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई है राज्य सरकार ने टीकाकरण की संख्या को रोजाना बढ़ाने के निर्देश दिए है इसके लिए अधिकारियों को व्यापक प्रचार प्रसार करने को कहा है

इसमें शत प्रतिशत मास्क पहनने व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक स्थानों तथा कार्यस्थलों और स्वास्थ्य सुविधाओं में साफ सफाई पर जोर दिया जाएगा

प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड संक्रमण पर नियंत्रण के लिए पांच स्तरीय रणनीति जांच पहचान उपचार कोविड दिशा निर्देश और टीकाकरण को गंभीरता और प्रतिबद्धता से लागू करना होगा प्रधानमंत्री ने कोविड प्रबंधन में जन भागीदारी और जन आंदोलन जारी रखने की जरूरत पर जोर दिया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

बीकानेर जिले के खाजूवाला में मोटरसाईकिल सवार दंपति की ट्रक की टक्कर से मृत्यु हो गई

वहीं जैसलमेर जिले के चाहड़ गांव के पास पिकअप और मोटरसाइकिल की टक्कर में दो लोगों की मृत्यु हो गई